वे आज नई दिल्ली में शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और टेक्नोलॉजी पुरस्कार प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह में बोल रहे थे राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरें घोषित की हैं इसके अनुसार घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं की दरों में दस प्रतिशत की कमी की गई है राज्य सरकार ने सरगुजा बस्तर और मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है प्रदेश में कल से हाईस्कूल की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं वहीं दो मार्च से हायर सेकेण्डरी की परीक्षाएं शुरू होंगी प्रधानमंत्री शांति स्वरूप पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि लोगों को नवाचार विज्ञान और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाना चाहिए वे आज नई दिल्ली में शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और टेक्नोलॉजी पुरस्कार प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक संस्थाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार अपना विकास करना चाहिए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से विकसित हो रही अर्थव्यवस्ध्था वाला देश है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में बनी दवाएं दो सौ से अधिक देशों को निर्यात की जा रही हैं उन्होंने कहा कि औषधि और बायो टेक्नोलॉजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट वन अधिकार उच्चतम न्यायालय ने इक्कीस राज्यों के वन क्षेत्रों में अवैध रूप से रह रहे करीब बारह लाख लोगों को हटाने संबंधी तेरह फरवरी के आदेश पर अमल रोक दिया है वहां की जमीन पर इन लोगों के दावे अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिये थे न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने राज्य सरकारों से ये दावे खारिज करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण देते हुए शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई दस जुलाई को रखी है इस बीच राजधानी रायपुर में प्रदेश आदिवासी कांग्रेस की बैठक हुई बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आबकारी मंत्री कवासी लखमा उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल उपस्थित थे बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जंगलों में रहने वाले आदिवासियों और परम्परागत् निवासियों को होने वाली कठिनाइयों के संबंध में चर्चा की गई बिजली दर राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरें घोषित की हैं इन दरों में सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत दी गई है घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं की दरों में दस प्रतिशत की कमी की गई है आज एक पत्रकारवार्ता में विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष डीएस मिश्रा ने बिजली की नई दरें घोषित करते हुए कहा कि सौ यूनिट प्रतिमाह खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अब तीन रूपये चालीस पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल देना होगा वहीं सौ से दो सौ यूनिट तक तीन रूपये साठ पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा वहीं कृषि पम्पों के लिए प्रचलित दर चार रूपये सत्तर पैसे से घटाकर चार रूपये चालीस पैसे प्रति यूनिट की गई है प्राधिकरण नियुक्ति राज्य सरकार ने सरगुजा बस्तर और मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है खेलसाय सिंह को सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वहीं बृहस्पति सिंह और गुलाब कमरो को उपाध्यक्ष बनाया गया है लखेश्वर बघेल बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे वहीं संतराम नेताम और विक्रम मंडावी को प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है लालजीत राठिया को मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष और लक्ष्मी ध्रव तथा पुरूषोत्तम कंवर को उपाध्यक्ष बनाया गया है गौरतलब है कि इन प्राधिकरणों के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री और उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा माओवादी घटना सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने आज मुठभेड़ के दौरान एक माओवादी को मार गिराया मिली जानकारी के अनुसार जिले के सिंघनमड़गु इलाके में कोबरा बटालियन और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप डीआरजी का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला था इसी दौरान वहां छिपे माओवादियों ने अचानक हमला कर दिया सुरक्षा बलों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी मारा गया उधर नारायणपुर ओरछा मार्ग पर माओवादियों ने एक बस यात्री की गोली मारकर हत्या कर दी

बताया जाता है कि ओरछा मार्ग पर रायनार के निकट माओवादियों ने बस को रोककर एक यात्री को नीचे उतारा और बाद में उसे गोली मार दी इधर राजनांदगांव जिले में पुलिस ने ऑपरेशन डम्प के तहत ड्वटागढ़ पहाड़ से भारी मात्रा में माओवादी सामान बरामद किया है तबादला राज्य सरकार ने बीती रात ग्यारह आईएएस और छह आईपीएस अधिकारियों की नई पदस्थापना की है इस बीच राजधानी रायपुर के ढ़ाई सौ से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों का तबादला आदेश जारी किया गया है इसके तहत आरक्षक प्रधान आरक्षक सहायक उप निरीक्षक और उप निरीक्षकों का स्थानांतरण किया गया है राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अट्ठारह अधिकारियों का आज तबादला आदेश जारी किया है जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें संयुक्त कलेक्टर अपर कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल हैं

इसे उन्नीस सौ अट्ठाईस में आज ही के दिन भौतिक विज्ञानी चन्द्रशेखर रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज किए जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय है लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने इस अवसर पर चन्द्रशेखर रमन को श्रद्धांजलि अर्पित की है युवा विज्ञान कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में नरवा गरूवा घ्रूवा और बाड़ी के संरक्षण और संवर्धन के लिए किए जा रहे कार्य वैज्ञानिक सोच के आधार पर तैयार किए गए हैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर स्थित ऑडिटोरियम में सत्रहवीं छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक कांग्रेस के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हए कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होगा और पर्यावरण का नुकसान भी नहीं होगा

विधानसभा बीज उत्पादन कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बीज उत्पादन में अनियमितता के मामले में जांच के आदेश दिए हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज प्रश्नकाल में विधायक सौरभ सिंह ने पूछा कि अकलतरा और बलौदा के जिन गांवों में बीज उत्पादन दिखाया गया है उन गांवों में किसान इनकी उपज नहीं लेते उन्होंने आरोप लगाया कि बीज उत्पादन दिखाकर बिचौलियों ने इसकी सप्लाई की है जवाब में कृषि मंत्री ने मामले को गंभीर बताते हुए डायरेक्टर स्तर के अधिकारी की मौजूदगी में मामले की जांच कराने की घोषणा की उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी किसानों से बीज खरीदकर उसे सप्लाई करने में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई कर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा हालांकि कृषि मंत्री के जवाब से मुख्य विपक्षी दल भाजपा के सदस्य संतुष्ट नहीं हुए और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के नेतृत्व में इन सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया

वहीं दो मार्च से हायर सेकेण्डरी की परीक्षाएं शुरू होंगी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित समय सारिणी के अनुसार दसवीं की परीक्षाएं एक मार्च से शुरू होकर तेईस मार्च तक चलेंगी वहीं बारहवीं की परीक्षाएं दो मार्च से शुरू होकर उनतीस मार्च तक चलेंगी इसके अलावा बारहवीं व्यावसायिक पाठ्यक्रम की परीक्षाएं भी दो मार्च से उनतीस मार्च तक आयोजित की जाएंगी जबकि शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि की प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं ग्यारह मार्च से शुरू होकर उन्नीस मार्च को समाप्त होगी सभी परीक्षाएं सुबह नौ बजे से दोपहर साढ़े बारह बजे तक संचालित होगी लोकसभा चुनाव ईव्हीएम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान के समय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईव्हीएम में खराबी आने पर आधे घंटे में नई मशीन उपलब्ध करा दी जाएगी लोकसभा चुनाव दो हजार उन्नीस की तैयारियों के सिलसिले में दो दिवसीय सर्टिफिकेशन कोर्स के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि इसके लिए रिजर्व ईव्हीएम मशीनों के समुचित उपयोग के लिए अधिकारियों को तैयारी रखनी होगी प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनरों ने बताया कि मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भी जारी रहेगी उन्होंने बताया कि नामांकन के अंतिम दिवस तक नाम जोड़े जा सकेंगे पर इसके लिए मतदाता का आवेदन नामांकन की अंतिम तिथि से दस दिन पहले तक किया जा सकता है चिटफंड कंपनी ऑनलाइन आवेदन चिटफंड कंपनी में निवेश करने वाले लोग अपनी राशि वापस प्राप्त करने के लिए कल एक मार्च से तीस अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके लिए रायपुर जिले में डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर अनुप्रिया मिश्रा को नोडल अधिकारी और लोक सेवा केन्द्र की प्रबंधन कीर्ति शर्मा को तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए संबंधित चिटफंड कंपनी का प्रमाण पत्र या रसीद रजिस्ट्रेशन नंबर सहित अन्य विवरण देना होगा

रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद कृषि महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर जितेन्द्र सिन्हा को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार दो हजार अट्ठारह से सम्मानित किया है रायपुर के वृदावन हॉल में कल से तीन दिवसीय कथा समाख्या का आयोजन किया जा रहा है इसमें देशभर के चुनिंदा कहानीकार आलोचक भाग लेंगे